ये बात आज उन्होंने मण्डी जिले के कोटली में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कही जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को भाजपा सदस्य होने के चलते अपने नैतिक दायित्व निभाने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए मुख्यमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम पर तंज कसते हुए कहा कि वे पौत्र मोह के चलते अपने पुत्र व पौत्र दोनों का राजनीतिक भविष्य संकट में डाल रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार मण्डी नगर को एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करेगी ताकि कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों को मण्डी में भी आकर्षक स्थल उपलब्ध हो सकें उन्होंने कहा कि जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे का निर्माण भी किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा ने बतौर सांसद क्षेत्र के विकास में सराहनीय भूमिका निभाई है और सांसद निधि से प्रत्येक क्षेत्र का विकास किया है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एकजुटता देखकर भाजपा नेता बौखलाहट में बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं इस बीच कुलदीप राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में वॉर रूम का शुभारम्भ किया बाद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि वॉर रूम में प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों का सीधा सम्पर्क रहेगा और पार्टी संबंधी सभी जानकारियां यहां उपलब्ध रहेंगी इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा और शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे अनुराग सांसद व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार और काले धन पर पूरी तरह से रोक लगाने में सफल रही है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और अनुशासनहीनता व संवेदनहीनता को समाप्त कर सुशासन की व्यवस्था दी गई अनुराग ठाक्र ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और अरिमता बनाए रखने को प्रतिबद्ध है उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर घोटालों में संलिप्त होने का आरोप भी लगाया स्वीप कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक सहभागिता स्वीप के तहत कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं क्यार कोटी और भोंट में आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को मतदान के महत्व की जानकारी दी गई विवेक भाटिया लोकसभा चुनाव के लिए बिलासपुर के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा आयोजित की जाने वाली रैली के लिए स्थल चिन्हित कर लिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने और आदर्श चुनाव आचार संहिता सुनिश्चित बनाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं

जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने आज रिकांगपिओ में ये जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक नुकसान लोकनिर्माण और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को हुआ है उन्होंने कहा कि बर्फबारी से हुई क्षति के बाद मुरम्मत कार्य जोरों पर है और विमिन्न सम्पर्क मार्गों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है गोपाल चंद ने बताया कि सभी मार्गों को चुनाव से पहले बहाल कर दिया जाएगा

बैंक के अंचल प्रबन्धक दिनेश सक्सेना ने शिमला में आज एक पत्रकारवार्ता में बताया कि इस अवसर पर राज्यस्तरीय समारोह सोलन जिले के कण्डाघाट में आयोजित किया जाएगा राज्यपाल आचार्य देवव्रत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे उन्होंने कहा कि इस दौरान सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं बैंक के प्राने ग्राहकों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा दिनेश सक्सेना ने बताया कि बैंक ग्राहक सेवा पर केन्द्रित है और इस कार्य में बैंक कर्मचारियों की अहम भूमिका है सुही मेला चम्बा का सुही माता मेला आज पारम्परिक पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ उपायुकत हरीकेश मीणा ने आज तीन दिवसीय इस मेले का शुभारम्भ किया और वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई शोभायात्रा में भाग लिया गौरतलब है कि नगर वासियों की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की आहूति देने वाली चम्बा रियासत की रानी सुनयना की याद में हर वर्ष ये मेला मनाया जाता है इस अवसर पर गद्दी समुदाय की महिलाओं ने पारम्परिक घुरेई गीत भी गाए